यह जानकारी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दी है राज्यपाल सुश्री उइके ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री से सौजन्य मुलाकात की उन्होंने श्री शाह से छत्तीसगढ़ में माओवाद की समस्या के बारे में चर्चा की गृहमंत्री ने कहा कि माओवाद की समस्या के समाधान के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई कार्ययोजना को जल्द ही राज्यों को भेजा जाएगा इस बारे में गृह मंत्रालय के अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे राज्यपाल जनजातीय छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में निरस्त किए गए पट्टों का दोबारा परीक्षण किया जाए और आदिवासियों को वनोपज का उचित मूल्य दिया जाए राज्यपाल ने यह सुझाव कल नई दिल्ली में आदिवासी बहुल प्रदेशों के राज्यपालों की बैठक में दिया उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यो की हर तीन महीने में समीक्षा की जाए उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाने का सुझाव भी दिया बैठक में राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं की सतत् निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए यह बैठक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आगामी नवंबर माह में ली जाने वाले गवर्नर कांफ्रेंस के संबंध में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की राशन कार्ड तिथि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों के राशन कार्ड के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख सत्रह सितंबर से बढ़ाकर तेईस सितंबर कर दी गई है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि गरीब परिवार के जो सदस्य राशन कार्ड के लिए आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं या जिनके राशन कार्ड में नवीनीकरण के बाद भी कोई गलती रह गई है ऐसे सदस्यों को पुराने राशन कार्ड पर ही अनाज वितरित किया जाएगा साथ ही वे लोग नया आवेदन भी जमा कर सकते हैं रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय उत्तर क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा और महापौर प्रमोद दुबे सहित कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज खाद्य मंत्री से मुलाकात कर उनसे राशन कार्ड के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का आग्रह किया था इस पर खाद्य मंत्री ने तत्काल सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए नगरीय निकाय आरक्षण राज्य के नगरीय निकायों में नगर पालिक निगमों के महापौर नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही कल की जाएगी इन पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया की कार्यवाही रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में दोपहर बारह बजे से शुरू होगी इसके अंतर्गत नगर पालिका निगमों के महापौर के लिए आरक्षण की कार्यवाही बारह बजे से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए दोपहर एक बजे से और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए दोपहर सवा दो बजे से आरक्षण की कार्यवाही शुरू होगी सुपोषण अभियान राज्य में पांच वर्ष तक के कुपोषित और खून की कमी से पीड़ित बच्चों तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो अक्टूबर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया जाएगा महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू होने वाले इस अभियान के तहत कुपोषित बच्चों और महिलाओं को निःशुल्क पौष्टिक भोजन दिया जाएगा इस संबंध में मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में कहा कि अभियान के तहत दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि अभियान शुरू होने के एक निश्चित अंतराल के बाद कुपोषित बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में हुए बदलाव की जानकारी ग्राम पंचायतों में रखी जाएं बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में पांच वर्ष के कम आयु के करीब अड़तीस प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं वहीं लगभग सैंतालीस प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं नरेन्द्र मोदी जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और विभिन्न मंत्रियों सहित और राजनीतिक दलों के नेताओं खिलाड़ियों तथा समाज के अलग अलग वर्गो के विशिष्ट व्यक्तियों के उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य खुशहाल जीवन और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने अपने संदेश में कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों ने नये भारत के रचनात्मक आंदोलन को स्वीकार किया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि एक सुधारक के रूप में श्री मोदी ने न केवल राजनीति को नई दिशा दी है बल्कि देशवासियों को अनेक वर्षो से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान देकर गौरवान्वित किया है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंद्लकर ने भी श्री मोदी के जन्मदिन पर उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की है प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघले ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

स्कूल शिक्षा विभाग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के दो विकासखण्डों बिलासपुर जिले के विकासखण्ड पेण्ड्रा और कोरिया जिले के विकासखण्ड खड़गवां में यह योजना कल से शुरू करने जा रहा है स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम आज बिलासपुर जिले के विकासखण्ड पेण्ड्रा की शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव और कोरिया जिले के विकासखण्ड खड़गवां के एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय पोड़ीडीह में प्रोटीनयुक्त स्वादिष्ट नाश्ता योजना का शुभारंभ करेंगे

इस योजना के तहत प्रदेश के चार जिलों दुर्ग गरियाबंद सूरजपुर और कोरिया में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में सप्ताह में दो दिन मीठा सोया दूध दिया जाएगा दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने समीक्षा बैठक की इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा उपायों के संबंध में राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल प्लिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए बैठक में रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक ने बताया कि उप चुनाव के सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रचारकों के दंतेवाड़ा दौरे के समय पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है गौरतलब है कि दंतेवाड़ा उप चुनाव के लिए आगामी तेईस सितंबर को वोट डाले जाएंगे पीआईबी चित्र प्रदर्शनी प्रदेश के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आज रायपुर में माना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में महात्मा गांधी पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया प्रदर्शनी में गांधी जी के प्रारम्भिक जीवन शिक्षा दक्षिण अफ्रीका प्रवास दांडी यात्रा असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित लगभग साठ चित्रों का प्रदर्शन किया गया इस अवसर पर पीआईबी के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने स्वच्छता के संबंध में गांधीजी की परिकल्पना और उनके विचारों से अवगत कराते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही अपने आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की आबकारी विभाग कार्रवाई आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों की सघन जांच की जा रही है इसके तहत आज राजधानी रायपुर के माना अभनपुर मालवीय रोड़ टिकरापारा लाखेनगर पुरानीबस्ती और टाटीबंध की मदिरा दुकानों की जांच की गई इस दौरान उड़नदस्ता टीम ने अधिक दर पर शराब बेचने के तीन मामलों दर्ज कर संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है इसी तरह बिलासपुर और बस्तर संभाग में भी विभिन्न मदिरा दुकानों की जांच की गई राज्य में आबकारी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा चार सदस्यों की समिति भी गठित की गई है समिति को आबकारी अपराधों में नियंत्रण के लिए आवश्यकता के अनुसार नए कानून बनाने और नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव देने को कहा गया है विश्वकर्मा जयंती सुजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों और प्रतिष्ठानों में अभियंताओं ने भगवान विश्वकर्मा के साथ ही उपकरणों और मशीनों की पूजा की इसके अलावा सभी जिलों में स्थित पुलिस के रक्षित कार्यालयों में भी अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शोभायात्रा भी निकाली गई आकाशवाणी केंद्र रायपुर में भी आज अधिकारियों और कर्मचारियों ने नियंत्रण कक्ष में भगवान विश्वकर्मा की पुजा अर्चना की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज भिलाई में मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने बोगी बनाने की संरचना का उद्घाटन किया